शारदीय नवरात्र के अवसर पर दुर्गा पूजा महोत्सव का विधिवत समापन हो गया

चार धामों के कपाट शीतकाल के लिए बंद करने की तारीखों की घोषणा कर दी गई है

यह दिन बुराई पर अच्छाई असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है इस अवसर पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेशवासियों को विजयादशमी के पर्व की हार्दिक बधाई और श्भकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें सीख देता है कि सत्य और शौर्य के आधार पर बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से पार पाया जा सकता है राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में रावण के पुतलों के दहन का कार्यक्रम पारम्परिक आस्था और विश्वास के साथ किया जा रहा है देहरादून के परेड ग्राउंड में रावण कुंभकरण और मेघनाद के विशालकाय पुतलों का दहन हजारों दर्शकों ने देखा अल्मोड़ा में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की विशेष पहल पर दशहरा महोत्सव में पहली बार जिला प्रशासन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश के साथ भागीदारी की रावण के पुतले के साथ कलक्ट्रेट के कर्मचारियों ने स्वयं का बनाया एक और पुतला भी रखा जिसका नाम महिरावण रखा गया जिलाधिकारी ने बताया की इस पुतले को बनाने का उद्देश्य समाज में दहेज हत्या और कन्या भ्रण हत्या जैसी बुराइयों को जलाकर नष्ट करना है

स्लग द्र्गा महोत्सव प्रदेश में शारदीय नवरात्र के अवसर पर नौ दिनों तक चले दुर्गा पूजा महोत्सव का विधिवत समापन हो गया

नगर के अलग अलग स्थानों पर बनायी गयी दुर्गा प्रतिमाओं को शिखर तिराहे पर लाया गया जहां पर सभी प्रतिमाओं की एक साथ महा आरती की गयी इसके बाद सभी दुर्गा प्रतिमाओं की एक साथ शोभा यात्रा निकालते हुए उनका विसर्जन किया गया उधर बागेश्वर में दुर्गा महोत्सव ध्रमधाम से मनाया गया सुबह देवी प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की गई और दोपहर में मूर्तियों की पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई नगर भ्रमण के बाद मूर्तियों को मां के जयकारे के साथ ब्रह्मकपाली के पास सरयू नदी में विसर्जित किया गया जिले में कांडा कपकोट में भी मां दुर्गा की प्रतिमा की भव्य शोभयात्रा निकाली गई स्लग राज्यपाल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आज हरिद्वार के ग्राम सजनपुर पीली श्यामपुर में एक ट्रस्ट द्वारा बनाए गए अस्पताल का उद्घाटन किया

उन्होंने कहा कि अस्पताल बन जाने से अब लोगों को ईलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें अपने क्षेत्र में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगीं राज्यपाल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी इस अस्पताल में मिल सकेगा स्लग चुनाव प्रशिक्षण चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए पीठासीन अधिकारी सहित सभी मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया इस दौरान पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों को निर्वाचन कार्यों के संबध में विस्तार से जानकारी दी गई साथ ही कार्मिकों को मतपेटियों को खोलने और सील करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया और उनकी सभी शंकाओं का समाधान किया गया

गैरसेंण ब्लॉक से दूरस्थ क्षेत्र की पोलिंग पार्टियों को कल रवाना किया जाएगा

जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत पभ्या के प्रधान पद के प्रत्याशी की आकस्मिक मृत्यु के कारण ये मतदान निरस्त किया गया है शेष पदों पर चुनाव पहले की तरह सम्पन्न किया जाएगा

दोनों देशों के बीच सूचना के स्वतः आदान प्रदान समझौते के तहत यह जानकारी मिली है इसे विदेशों में जमा कालेधन के खिलाफ कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है

ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा धर्माचार्यों की उपस्थिति में कपाट बंद होने की तिथि की घोषणा की गई

दशहरा पर्व पर आज बदरीनाथ धाम में धर्माधिकारी मंदिर समिति से जुड़े पण्डा पुरोहित समाज और पदाधिकारियों की अगुवाई में पंचांग की गणना के बाद कपाट बंद होने की तिथि निकाली गई

इस मौके पर गाजियाबाद स्थित हिंडन वायु सेना केन्द्र पर भव्य परेड और फ्लाईपास्ट का आयोजन किया गया समारोह को संबोधित करते हुए वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदोरिया ने देश को आश्वस्त किया कि वायु सेना देश की सुरक्षा और अखंडता को लेकर हमेशा चौकस है इस मौके पर हिंडन वायुसेना केन्द्र पर आयोजित समारोह में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने मिग बाइसन विमान में उड़ान भरी

राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर वायु सैनिकों का अभिवादन किया है प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि गौरवशाली राष्ट्र वायु सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ है इस अवसर पर तीनों सेनाध्यक्ष आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुँचे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत और नौसेना प्रमुख एडमिरल कर्मवीर सिंह ने युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की स्लग प्रकाश जावड़ेकर केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से शिक्षण संस्थानों कारखानों और व्यावसायिक परिसरों में पौधे लगाने का अनुरोध करते हुए कहा कि पर्यावरण के लिए यह एक बड़ा योगदान होगा आज जयपुर स्थित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर में पौधा लगाने के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सौर और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे पर्यावरण अनुकूल स्रोतों की मदद से साढ़े चार लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है जिसका कई देशों ने स्वागत किया है स्लग वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह चमोली जिले के विरही में वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह के समापन समारोह में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा हम सभी को पर्यावरण और पारिस्थितिकी को समझने और उसको संरक्षित रखने के लिए मिलकर कार्य करने की जरूरत है उन्होंने जंगल और वन्य जीवों को बचाने के लिए जल संचय करने और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से बंद करने पर बल दिया कार्यक्रम में वन्य जीव सप्ताह के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया वन्य जीव सुरक्षा के तहत वन विभाग की ओर से गत पहली से सात अक्टूबर तक पूरे जिले में विविध कार्यक्रमों के जरिए वन्य जीवों के महत्व के बारे में जानकारी दी गई इस दौरान वन्य जीव जागरूकता रैली गोष्ठी वाद विवाद और चित्रकला प्रतियोगिता तथा स्कूली बच्चों को शैक्षिक भ्रमण भी कराया गया स्लग रानीखेत महोत्सव रानीखेत महोत्सव के पांचवें दिन बर्ड वॉचिंग बाइक राइडिंग फिल्म मेकिंग और फोटो प्रर्दशनी सहित संगीत कार्यक्रमों की देर रात तक धूम रही इस अवसर पर फोटो प्रर्दशनी का अवलोकन करते हुए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि जिले को पर्यटन और बर्ड वॉचिंग का हब बनाया जायेगा उन्होंने कहा कि रानीखेत पर्यटन मानचित्र में अपना विशेष स्थान रखता है इससे पूर्व उत्तराखण्डी नाइट में कुमाऊं के प्रसिद्ध लोक गायक रमेश बाबू गोस्वामी और उनकी टीम ने दर्शकों का मनोरंजन किया